कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से भाजपा स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोगों को गुमराह करने के लिए कृषि कानूनों सहित नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानून के बारे में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं

प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान भी किया

इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों को प्रचारित करने का आहवान किया ताकि आम लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके उन्होंने कहा कि पार्टी का मूल मंत्र पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का विकास है

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन पर स्थिति सामान्य होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ज़िला स्तरीय कार्य योजना को सख्ती से लागू किया जाएगा बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे राज्यपाल चण्डीगढ़ में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलीन रोवेट ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस दौरान राज्यपाल ने आपसी सहयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की राज्यपाल ने कैरोलीन रोवेट को सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित शिक्षा परिवहन पर्यटन और नवीनकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आपसी सहयोग के साथ काम करने का सुझाव दिया बंडारू दत्तात्रेय ने ब्रिटिश विश्वविद्यालयों और हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बीच स्टड़ी एक्सचेंज कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया अनुराग केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने आज सीविल अस्पताल देहरा में कोविड टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन और प्रयासों से देश के हर आम नागरिक को कोरोना का टीका आसानी से उपलब्ध हो रहा है

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी स्थानों पर स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा और इसके बाद एक घंटे तक कोरोना संक्रमित मरीज़ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेसहारा पश्ओं की समस्या के स्थाई समाधान के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों के निर्माण के लिए धन राशि का प्रावधान किया गया है वीरेन्द्र कवर ने आज सुजानपुर के समीप खैरी में निर्माणाधीन गौ अभ्यारण्य का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि इस अभ्यारण्य के निर्माण पर अढ़ाई करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है और इसमें सैंकड़ों बेसहारा पशुओं को रखने की सुविधा होगी राठौर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर नगर निगम चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलदीप राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता भाजपा की जनविरोधी नीतियों के बारे में जान चुकी है और नगर निगम चुनावों में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा उन्होंने दावा किया कि इन चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का परचम लहराएगी राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार को इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की सलाह भी दी

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे

मांग चंबा ज़िले में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली भरमौर बडग्रां सड़क का निर्माण कार्य पिछले पूरा न होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किलोड के ज़िला परिषद सदस्य ललित ठाक्र ने बडग्रां पंचायत के लिए बनाई जाने वाली सड़क और पलानी नाले पर निर्माणाधीन पुल का कार्य जल्द शुरू करवाने की सरकार से मांग की है